प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयासों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं

शहडोल जिले में कोरोना के तीन और मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए है

वहीं बालाघाट जिले में सीआरपीएफ के दो जवान सहित तीन व्यक्ति कोरोना संकमित मिले है

फिल्म शुटिंग प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये एक बार फिर फिल्म धारावाहिक और वेबसीरीज की शूटिंग शुरू हो सकेगी मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है एक अधिकारिक जानकारी के अनुसार एडवाइजरी में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियम बनाए गये है नियमों में कहा गया है कि शूटिंग करने से पहले स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करने के साथ ही उनके निर्देशों का पालन करते हुए शूटिंग की जासकती है

इसके साथ ही शूटिंग में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों को रोजाना सैनिटाइज करना होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवाक्सिन टीके और जायडस कैडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने इन टीकों के लोगों पर परीक्षण की मंजूरी दे दी है पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत दुनिया में टीके बनाने का एक बड़ा केंद्र बन कर उभरा है यूनीसेफ द्वारा विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले टीकों में से साठ प्रतिशत भारत में निर्मित हुए हैं उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हर भारतीय से अनुरोध किया है कि वह स्थानीय भारत को वैश्विक भारत बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान से जुड़े वीडियो कॉन्फेन्सिंग के माध्यम से एक ऐप की शुरुआत करते हुए कहा कि आत्म निर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उसे मजबूती प्रदान करना है जिसके लिए आधारभूत ढाँचे को आधुनिक तकनीकों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के जरिये सुदृढ़ बनाना होगा

हालांकि कोरोना संकमण के चलते इस वर्ष परंपरागत आयोजन नहीं हुए और लोगों ने घरों में रहकर ही गुरू की आराधना की निवाड़ी जिले में माँ तारामाई मंदिर में गुरूपूर्णिमा पर हर वर्ष लगने वाला भव्य मेला स्थगित कर दिया गया है केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर जिले में अपने गुरू से आशीर्वाद लिया

इस मौके पर संतो के आश्रम में भक्तों ने गुरू की पादुकाओं की पूजा की होशंगाबाद जिले में सादगी पूर्ण तरीके से गुरू पूर्णिमा का पर्व मनाया गया कुछ मंडलों द्वारा गुरू की आराधना भजन कीर्तन के साथ की गयी डिडौरी जिले में नर्मदा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गयी आगरमालवा और धार जिले में आज विभिन्न धार्मिक आयोजन किये गये इस मौके पर विभिन्न आश्रमों में गुरूओं की पादुकाओं का पूजन किया गया मंत्रिमंडल विभाग प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को हुए तीन दिन हो गये है लेकिन अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है सूत्रों के मुताबिक बड़े विभागों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है इसी वजह से विभागों का वितरण टल रहा है इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की वासनिक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक आज दो दिन के प्रदेश दौरे पर है

साथ ही उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि श्री वासनिक कल संगठनात्मक मामलों की समीक्षा करेंगे मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसूनी बारिश का दौर जारी है आज सुबह से ही राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रो में बारिश हो रही है

रीवा और शहडोल संभाग के कई जिलों में और छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट बैतूल खरगोन धार रतलाम गुना अशोकनगर नरसिंहपुर जबलपुर उज्जैन होशंगाबाद देवास शाजापुर आगरमालवा और मंदसौर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी